प्रदेश में सरकार ने प्याज की स्टॉक लिमिट की तय कीमतों पर लगाम लगने की संभावना

स्कूल फीस मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आज एक अहम फैसले में कहा कि कोरोना महामारी खत्म होने तक प्रदेश के निजी स्कूल छात्रों और उनके अभिभावकों से केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे इसके अलावा किसी अन्य मद में फीस नहीं ली जा सकेगी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय यादव व न्यायमूर्ति राजीव कुमार दुबे की युगल पीठ ने अपने फैसले में स्कूलों के शिक्षकों व अन्य स्टाफ को भी राहत दी

महामारी समाप्त होने के बाद कटौती की गई राशि वापस करनी होगी

गौरतलब है कि निजी स्कूलों की फीस की मनमानी को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई थी प्याज स्टॉक लिमिट प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की तर्ज पर स्टाक लिमिट तय कर दी है

अब प्याज व्यापारियों को रजिस्टर में हर दिन के स्टाक का व्यौरा रखना होगा

इसमें यह बताना होगा कि उसके पास अब तक कितना प्याज आया और कितना बेचा जा चुका है

इससे प्याज की कीमतों पर लगाम लगने की संभावना है

उधर जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले के नागरिकों से ठंड के दौरान परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ पर ज्यादा ध्यान देने का आग्रह किया है

जन आंदोलन पर्वतारोही भावना डेहरिया ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की

मतगणना से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो गया है

देवास के हाटपीपल्या खंडवा जिले के मांधाता ग्वालियर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों आगरमालवा छतरपुर सहित अन्य जिलों में भी मतगणना की तैयारियां जारी है

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कन्टेन्मेंट क्षेत्रों के अंदर स्थित संग्रहालयों और कला दीर्घाओं को फिलहाल नहीं खोला जायेगा वहीं यहां आने वाले दर्शकों को एक दूसरे के साथ संपर्क में आते समय पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाये रखने मास्क पहनने हाथ धोने या सेनिटाइज करने और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपायों पर अमल करना होगा पंचगव्य दीपावली गिफ्ट पैक आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ते हुए प्रदेश में संचालित आजीविका मिशन की सदस्यों ने पंचगव्य से दीपावली पूजा में उपयोगी सामग्री तैयार की है

गिफ्ट पैक विभिन्न मॉल के साथ साथ आजीविका एप के माध्यम से ऑनलाइन भी बेचा जा रहा है

आज के मैच के विजेता को फाइनल में प्रवेश मिलेगा जबकि हारने वाले को दूसरे एलिमिनेटर मैच में फिर से खेलने का मौका मिलेगा कल अबुधाबी में होने वाले पहले एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा

इसके फलस्वरूप इस मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है

नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरकता पर भी विपरीत असर पड़ता है

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार